झारखंड में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संकमण के छह सौ सैंतालिस नये मरीजों की हुई पुष्टि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

राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए जारी गाइडलाइन में आंशिक बदलाव किया है

सरकार ने अब शर्तों के साथ मंत्रोचार आरती और पूजा के लिए धीमी आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति प्रदान कर दी है

लेकिन इस अवधि में कोई भी रिकॉर्डेड गीत भजन ऑडियो बजाने की अनुमति नहीं दी गई है वहीं न्यायालय और अस्पताल के नजदीक के पंडालों में लाउडस्पीकर बनाने की अनुमति नहीं दी गई है

इन दो आंशिक संशोधन के अलावा पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे कंटेनमेंट जोन के बाहर ही पूजा करने की अनुमति दी गई है गृह कारा वादा विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया लोहरदगा जिला में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी सरकार के दिशा निर्देशों के तहत पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है

जबकि आठ सौ इक्यावन लोगों की इस संकमण से मौत हो चुकी है

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने बुधवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन आकर मुलाकात की राज्यपाल ने उनसे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली राज्यपाल ने कहा कि लोगों में भ्रम की स्थिति फैल गई है कि कोरोना समाप्त हो गया है जबकि हर दिन हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं लोगों की जान भी जा रही है विडम्बना है कि बहुत से लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं हो रहा है नागरिकों को समझाना होगा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं तैयार हो जाती तब तक परहेज ही इसका उपचार है उन्होंने लोगों को जागरूक करने हेतु और प्रयास करने की बात कही इधर पुलिस संस्मरण दिवस के उपलक्ष्य में कल राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की राज्यपाल ने राज्य की विधि व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की और राज्य की विधि व्यवस्था को ठीक रखने का निर्देश दिया प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उराँव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कल बेरमो उपचुनाव को लेकर कार्यरत कंट्रोल रूम के कार्यो की समीक्षा की इंस दौरान उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी पार्टी की जीत निश्चित होगी श्री उरांव ने कहा कि पूरी ईमानदारी से जनता के सवालों को लेकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की जरूरत है इधर मांडर विधायक पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी जरीडीह प्रखंड के तांतरी उत्तरी दक्षिणी पंचायत के तुपकाडीह तोताडीह कुम्हारडीह परसाडीह और जैनामोड़ चिलगड्डा क्षेत्र में सघन दौरा कर जनता से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के लिए वोट मांगा वहीं भाजपा के नेता भी बेरमो में कैंप कर बेरमो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं और पार्टी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के पक्ष के समर्थन मांग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर भागलपुर आ रहे हैं उनके दौरे को लेकर सीमावर्ती जिला गोड्डा में पुलिस पूरी तरह सतर्क है

गोड्डा भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोड्डा पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने सीमावर्ती क्षेत्र का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं पूरे गुड्डा जिला में कई किलोमीटर बॉर्डर एरिया है

निर्वाचन आयोग ने राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा भीड़ से बचने के नियमों के पालन में ढिलाई बरतने को गंभीरता से लिया है आयोग ने कल राजनीतिक दलों को फिर सलाह दी कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी सतर्कता और सावधानी बरती जाये आयोग ने कहा है कि राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और जिले के अन्य अधिकारियों को चाहिए कि वे जिम्मेदार उम्मीदवारों और आयोजकों के खिलाफ उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करें चुनाव वाले राज्यों की सरकारों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को अलग से चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों के संख्ती से अनुपालन के निर्देश जारी किये गये हैं निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के महासचिवों और अध्यक्षों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि सुरक्षित दूरी बनाये रखने के नियम का खुला उल्लंघन करते हुए जनसभाओं में भारी भीड़ एकत्र करने की कई घटनाए सामने आयी हैं आयोग को पता चला है कि राजनीतिक दलों के नेता और प्रचारक बिना मास्क पहने भीड़ को सम्बोधित कर रहे हैं आयोग ने कहा है कि इस तरह के चुनाव प्रचार दिशा निर्देशों का पूरी तरह उल्लंघन है राज्य सरकार सभी प्रतिबंधित भूमि और सरकारी भूमि को एनजीआरडीएस पोर्टल में अपलोड करेगी ताकि इस तरह की भूमि का अनाधिकृत निबंधन नहीं हो सके हालांकि भू राजस्व विभाग ने पहले ही विभिन्न प्रकृति की सरकारी भूमि जैसे गैरमजरूआ आम खास तथा अन्य सरकारी भूमि को प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत एनजीडीआरएस में अपलोड कराया गया है विभागीय सचिव ने कहा है कि जो भूमि छूट गयी है उसे भी अपलोड किया जायेगा विभिन्न विभागों के स्वामित्व में भी सरकारी भूमि है तथा कई विभागों निकायों द्वारा भूमि का अर्जन भी किया जाता है ऐसे सभी विभागों से उनके स्वामित्व की तथा अर्जित भूमि का विवरण प्राप्त कर उपायुक्त के माध्यम से एनजीडीआरएस की सूची में शामिल किया जायेगा राज्य के पुलिस महानिदेशक एम वी राव ने कहा है कि राज्य में महिलाओं और युवतियों के खिलाफ अपराध पर अंक्श लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं

राज्य के सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक वॉट्सएप नंबर जारी करेंगे संकट के समय लड़कियां और महिलाएं इस नंबर पर मैसेज भेज सकेंगी संदेश मिलने के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी

डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर इसे साढ़े तीन करोड़ मानव दिवस सुजन करने का अब लक्ष्य दिया गया है तीन लाख चौहत्तर हजार योजनाओं को पूरा करने का टारगेट रखा गया है अभियान में एक करोड़ अड़तीस लाख मानव दिवस का सुजन होने पर ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने इसको लेकर बुधवार को समीक्षा की यह पाया कि इस अभियान में गिरिडीह गढ़वा पूर्वी सिंहभूम जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया है पूर्व की तुलना में दो से तीन गुना वृद्धि हुई विभागीय सचिव ने सभी उपविकास आयुक्तों को अभियान के दौराना पंचायतवार नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बोचो गांव की एक युवती की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने एवं पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने के पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने कल पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि युवती द्वारा थाना में शिकायत करने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप की भी जांच की जाएगी एसपी कार्तिक एस ने इस मामले में प्राथमिक अभियुक्त सनी कुमार को बुधवार को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की इसी मामले के दो अन्य आरोपियों मनजीत एवं रंजीत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ज्ञात हो कि युवती का जी मेल फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर आपत्तिजनक फोर्टो वायरल किया गया था इस घटना से क्षुब्ध युवती ने अठारह अक्टूबर की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी पलामू जिले के मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में कल दो घंटे तक सर्च अभियान चलाया गया

अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है केंद्रीय कर्मियों को केंद्र सरकार द्वारा बोनस दिए जाने की खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दुर्गा पूजा को लेकर पूर्व में जारी गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किए जाने की खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने अपनी पहली सूर्खी बनाया है अखबार ने लिखा है पंडालों में लाउडस्पीकर बज सकेंगे और पंद्रह लोग एक साथ कर सकेंगे पूजा अर्चना दैनिक प्रभात खबर ने सीटेट और टेट परीक्षा के सर्टिफिकेट की सात साल तक मान्य रहने की बाध्यता को केंद्र सरकार द्वारा खत्म किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अखबार ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने की खबर को भी प्रमुखता दी है त्योहारों पर झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका की खबर को दैनिक भास्कर ने अपनी सूर्खी बनाया है दैनिक जागरण ने लिखा है तीस लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बोनस रांची एक्सप्रेस ने रांची सहित राज्य की विभिन्न जेलों में छापामारी अभियान चलाए जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने सामाजिक कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान की खबर को प्रमुखता दी है वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दो हजार उन्नीस में देश में वायु प्रदूषण से सोलह लाख से अधिक मौत की रिपोर्ट को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है